आवश्यक जरूरत की वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने को ग्राहकों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर तैयार करने को भी कहा गया है जिसके तहत लोकप्रशासन उनकी समस्या का समाधान कर सके अनुराग ठाकुर केंद्रीय वित एवं कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाक्र ने कल हमीरपुर जिला के समीरपुर में लोगों की समस्याएं सुनीं और इनके निवारण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए बाद में उन्होंने भोरंज के गांव धमरोल में पंचायत जनप्रतिनिधियों के सम्मान समारोह में शिरकत की और नवनिर्वाचित पंचायत जनप्रतिनिधियों को सम्मानित किया अनुराग ठाकुर ने पंचायत प्रतिनिधियों से अपने क्षेत्रों के विकास का खाका तैयार करने का आग्रह किया

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि मई के पहले सप्ताह में कोरोना की स्थिति की समीक्षा के बाद जनमंच के आयोजन को लेकर आगामी निर्णय लिया जाएगा

नवरात्रे चैत्र नवरात्रे के आज चौथे दिन मां दुर्गा के कुष्माण्डा स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है मां का ये स्वरूप अन्नपूर्णा का है प्रदेश के विभिन्न शक्तिपीठों सहित समी मंदिरों में श्रद्धाल कोविड नियमों की अनुपालना करते हुए मां के दर्शनों के लिए पहुंच रहे है कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए मंदिरों में विशेष प्रबंध किए गए है और सफाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा है अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने हिमाचल दिवस समारोह पर मुख्यमंत्री की घोषणाओं से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है

हिमाचल दस्तक के अनुसार हिमाचल दिवस के राज्यस्तरीय कार्यक्रम में सीएम जयराम का एलान जबकि दैनिक सवेरा टाइम्स का शीर्षक है हिमाचल दिवस पर परिवहन व पर्यटन क्षेत्र को सीएम ठाक्र ने दी सौंगातें अमर उजाला ने खबर दी है हिमाचल की जमीन पर उतराखंड का कब्जा लोकार्पण पट्टिका तोड़ी

दिव्य हिमाचल ने लिखा है आज से बाहरी राज्यों के लोगों को लानी होगी नेगेटिव रिपोर्ट इसी समाचार पत्र की एक अन्य खबर है इंदौर का डॉक्टर हिमाचल में बना रहा था नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन जबकि दैनिक भास्कर की सुर्खी है बिना अनुमति कांगड़ा के सुरजपुर में रेमडेसिविर इंजेक्शन बना रहा था डॉक्टर इंदौर में गिरफतार मौसम पर पंजाब केसरी का शीर्षक है हिमाचल में बदलेगा मौसम भारी बारिश व ओलावृष्टि का आरेंज अलर्ट जारी अमर उजाला और आपका फैसला के एक जैसे शब्द हैं प्रदेश में आज और कल के लिए आरेंज येलो अलर्ट जारी